प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत श्क्रवार को किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार खरीफ फसलों के लिए सबसे अधिक समर्थन मूल्य देगी धान मुख्य खरीफ फस्ल है जिसकी बिजाई दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आने के साथ ही आरंभ हो गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरकार दवारा किसानों को डेढ़ ग्णा न्यूनतम समर्थन मूल्य देने पर ख्शी जाहिर की है अपने टवीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने किसानों को दिया हुआ वायदा पूरा किया है उन्होंने किसानों को बधाई देते हए कहा कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इस बार ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए और किसानों की भलाई के लिए जो भी जरूरी है सरकार उसे करने के लिए वचनबदव है हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पचास प्रतिशत से अधिक वृद्वि करने के लिए गए फैसले को किसान हित में एक ऐतिहासिक फैसला बताया है उन्होंने कहा कि आज तक देश की आज़ादी के बाद किसी भी सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इतनी अधिक वृद्वि नहीं की है मुख्यमंत्री आज चंडीगढ में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की अग्वाई में न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करने आए किसान प्रतिनिधिमंडल को सम्बोधित कर रहे थे म्ख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है कोई फसल छोड़ी नहीं गई जिनके भाव नहीं बढ़े

हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने भी इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है

हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने पार्टी के कनैक्ट टू पीपल अभियान के तहत आमजन के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के बाद अब कार्यकर्ताओं के घर चार चर्चा के माध्यम से रूबरू होने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने बताया कि अगले तीन दिन तक म्ख्यमंत्री अधिकांश जिलों में कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व म्ख्यमंत्री भ्रपेन्द्र सिह हडडा सरकार की नियमितकरण नीति को रद्द करने के मामले में हरियाणा सरकार कर्मचारियों के हित में फैसला लेगी ये बात वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कही इस विषय में कानूनी राय ली जा रही है इसके अलावा जो पक्के कर्मचारी कच्चे हए है उनके लिए सरकार अध्यादेश लाने पर भी विचार कर रही है ताकि उन कर्मचारियों पर प्रभाव न पड सके उन्होंने कहा कि सरकार पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय दवारा दवारा दिए गए निर्णय पर सोच समझ और गहन विचार विमर्श करके ही कदम उठायेगी

यह जानकारी आज हरियाणा के मुख्य सचिव श्री डी एस ढेसी की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण आथारिटी की पहली बैठक में दी गई जो कि प्रदेश में आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के क्रियान्वयन के लिए बनाई गई है केन्द्र सरकार दवारा देश की हर बड़ी पंचायत में स्थित स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वासथ्य केंन्द्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है इससे पूरे देश में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगीं

इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग सवा नौ लाख परिवार व शहरों के लगभग सवा छह लाख परिवारों लाभ मिलेगा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविदयालय हिसार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी कार्यक्रम के तहत आज मैसर्ज हैबिटेट जिनोम इंप्रूवमेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कंपनी के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है क्लपति प्रो के पी सिंह की उपस्थिति में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की ओर से अन्संधान निदेशक डॉ एसके सहरावत व स्क्ष्मजीव विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ राजेश गेरा और मैसर्ज हैबिटेट जिनोम इंप्रूवमेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कंपनी के चेयनमैन श्री सतीश क्मार ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए

मृतक के परिजनों को महाराष्ट्र में सूचित किया गया है हरियाणा में छत गिरने से दो विभिन्न हादसों में दो बच्चों की मृत्य् हो गई जबकि आठ अन्य घायल हो गये

दूसरी घटना में जगाधरी के गांव अरनौली में ग्राम पंचायत दवारा बनाए जा रहे साम्दायिक भवन का लैंटल गिरने से चार मजद्र गंभीर रूप से घायल हो गए जिनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है